इस अभियान के तहत झंझनूं में नो मास्क नो एंट्री का संदेश देने के लिए भिनी मैराथन का आयोजन किया गया जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाणा अभियान के तहत साइकिल रैली निकाली गई और जागरूकता का संदेश दिया गया

जांच के दौरान ये नामांकन वैध नहीं पाए गए

उम्मीदवार कल तक नाम वापस ले सकते हैं इसके बाद नगर निगम चुनाव में उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी आज पुलिस शहीद दिवस है

उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अलग अलग ट्वीट कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्वांजलि अर्पित की केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर श्रद्वांजलि दी इधर राजधानी जयपूर में पूलिस महानिदेशक एम एल लाठर ने पूलिस के अमर शहीदों की याद में राजस्थान पुलिस अकादमी स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर शहीदों की यादव में स्वैच्छिक रक्तदान और प्लाज्मा दान शिविर आयोजित हुआ और पौधारोपण भी किया गया प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी पूलिस शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की जा रही है दौसा में परेड का आयोजन कर शहीदों को पुष्प चक अर्पित किए गए

अलवर में भी शहीद पुलिस कर्भियों को याद किया गया और शहीदों के परिजनों को पुलिस अधीक्षक ने शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया वहीं झुंझुनूं और प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया

विभाग के निदेशक आनंद स्वरूप ने बताया कि इसके लिए राज्य कर्मियों की आईडी एसआईपीएफ पोर्टल पर सूजित की जा रही है अब तक साढ़े छह लाख कर्मचारियों की आईडी पोर्टल पर लाई जा चुकी है उन्होंने बताया कि विभाग में पेपरलैस व्यवस्था लागू होने से कोरोना संकमण के इस दौर में राज्य कर्मचारियों को बीमा कार्यालय नहीं आना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे